उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि सैनेटरी पैड्स के ऊपर हंड्रेड परसेंट एक्जैम्पशन करते हुए शून्य रेट पर सैनेटरी पैड्स को लाया गया है और अब सैनेटरी पैड्स के ऊपर कोई भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगेगा

उन्होंने कहा कि इन फैसलों से सवा सौ करोड़ नागरिकों विशेषकर निम्न और मध्य आय वर्ग वाले परिवारों व्यापारियों और दस्तकारों को लाभ होगा वित्त मंत्री ने कहा कि इन फैसलों का राजस्व संग्रह पर मामूली असर पड़ेगा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन आयुष्मान भारत के तहत प्रीमियम जीएसटी से मूक्त कर दिया गया है श्री गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद अब राजस्व संग्रह के अलावा रोजगार सृजन पर भी ध्यान देगी उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवाकर परिषद ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है अब इन्हें संसद में पारित किया जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि कर सरलीकरण सरकार की प्राथमिकता है सरकार ट्रांसपोर्टरों के लिए जल्दी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आरएफ आईडी टैग वस्तु और सेवाकर नेटवर्क से जोड़ेगी जिससे टोल प्लाजा पर उनकी परेशानी कम होगी जी एसटी परिषद ने नए रिटर्न प्रारूप और कानून में संबंधित बदलावों को भी मंजूरी दी है

श्री योगी आज फर्र्रखाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने फर्र्रखाबाद जनपद के लिए तीन सौ सत्ताइस करोड़ रूपये की छब्बीस विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के एजेण्डे में किसान बेरोजगार और महिलाओं सहित अन्य वंचित लोग शामिल नहीं थे जिसके कारण समाज का यह वर्ग बदहाली का शिकार था उन्होंने कहा कि परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आलू किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनतीस जुलाई को लखनऊ में होने वाले एक कार्यक्रम में एक लाख एक हजार करोड रूपये की प्रधानमंत्री आवासीय किस्त लाभार्थियों को जारी करेंगे साथ ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बेरोजगारों को दो लाख नौकरियों की सौगात भी देंग श्री योगी ने कहा कि फ़र्र्रख़ाबाद जनपद में भगवान बुद्ध का ऐतिहासिक स्थल संकिसा से जुड़े विकास कार्यों के लिए सभी को आगे आना चाहिए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास संदेश यात्रा का शुभारम्भ किया तथा नौ हजार पात्र लाभार्थियों को ट्राई साइकिलों का भी वितरण किया

यहां आप राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ जगत और खेल जगत सहित तमाम समाचारों की ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करत हुए श्री रामनाईक ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चूनाव कराये जाने को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में इस अवसर पर आयोजित एक समारोह में पत्रकारों स बातचीत करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयो में हाल के दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की

इस अवसर पर बोलते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि गाजीपूर क्षेत्र के विकास की कड़ो के रूपमें क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास मई दो हजार पन्द्रह में किया गया था और यह निर्धारित समय में बनकर तैयार हुआ है उन्होंने कहा कि यह संस्थान भारतीय रेल के विकास को गति देगा यहां रेल कर्मियों को गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसका लाभ रेल यात्रियों को संरक्षित और सुरक्षित यात्रा के रूप में मिलेगा श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में रेल आमान परिवर्तन दोहरीकरण विद्युतीकरण और स्टेशनों का आध्र्निकीकरण यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है राज्य में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदल दिया गया है उन्होंने बताया कि शेष रेलखण्डों में विद्यूतीकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा

इसे संस्थान के कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी मानविकी मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है

खेत तालाब पोखर जलाशय बांध नदियों में मछली पालन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए किसानों की जेब भरने के लिए सरकार ने मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है जिला मत्स्य अधिकारी रामहेत ने बताया कि मछली पालन की वृद्धि दर को आठ फीसदी सालाना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है नीली क्रांति योजना के तहत किसानों को प्रेरित और प्रशिक्षित कर उन्हें निःशुल्क मत्स्य बीज दवा मत्स्य आहार दिया जायेगा और पुराने तालाबों जलाशयों नदियों बांधों में दस वर्ष का पटटा कर उपेक्षित क्षेत्र का उपयोग कर मछली पालन से किसानों की जेब भरने में मदद और सहलियत दी जायेगी ताकि किसान मछली पालन कर आत्मनिर्भर बने और परिवार का भरण पोषण करने के साथ अपने दिशा और दशा बदल सके शिवकुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर

पुलिस ने बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चौमोहानो के पास जौनपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रेलर ने दो मोटरसाइकिलों तथा साइकिलों को टक्कर मार दी जिससे छः लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गयी उधर सुल्तानपुर जनपद में नहर में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गयी यह बच्चे जनपद के करौंदी कला थाना क्षेत्र अर्न्तगत रमसापुर गांव में मछली का शिकार करने गये थे सभी बच्चे दस से पन्द्रह वर्ष की आयु के थे

महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों स कहा गया है कि वे भी इस तरह की किट पुलिस थानों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले हफ्ते राज्यों से दुष्कर्म जांच किट्स खरीदने और उन्हें पुलिस थानों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया था